श्री अरोड़ा ने कल नई दिल्ली में पारदर्शी चुनाव और धन बल का द्रूपयोग रोकने पर विचार विमर्श के लिए बैठक की इस अक्सर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मतदाताओं को पैसों का लालच देने और धन बल के दुरूपयोग के मद्देनज़र निष्पक्ष चुनाव कराना आयोग के लिए बड़ी चुनौती है श्री अरोड़ा ने कहा कि आयोग इस बुराई पर काबू पाने के लिए वचनबद्व है आयोग ने राज़नीतिक दलों और उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर नज़र रखने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये हैं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है नई दिल्ली में कल शाम पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जारी सूची में प्रदेश समेत कई राज्यों के अठठारह उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गयी है पार्टी ने प्रदेश की बाराबंकी सुरक्षित सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य सभा सदस्य पीएलपुनिया के पुत्र तनुज पुनिया को प्रत्याशी बनाया है तनुज पुनिया बाराबंकी संसदीय क्षेत्र की जैदपुर विघान सभा सीट से पिछला चुनाव लड़े थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से पराजित हो गये थे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद श्यामा चरण गुप्ता को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये बांदा संसदीय क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है श्यामा चरण गुप्ता बांदा संसदीय सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं दो हजार चौदह की लोकसभा चुनाव में बांदा संसदीय सीट से भाजपा के भैरो प्रसाद मिश्रा सांसद चुने गये थे समाजवादी पार्टी अब तक प्रदेश की सत्रह सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है

बरेली में मुख्य विकास अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने आज मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कैम्पेन और मतदाता पोस्टर लांच किया मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य के लिए बनायो गयी रणनीति के तहत मतदान में पिछड़े पोलिंग दृथ वाले इलाको में अद्वारह साल से कम उम्र के किशोरों की बुलावा टीम घर घर जाकर मतदाताओं को दृथ तक जाने के लिए प्रेरित करेगी और नियमानुसार उन्हें मद्द भी देगी जिले के दो सौ से ज्यादा कालेजों में जागरूकता गतिविधियां होगी मानव श्रृंखला और नुक्कड़ नाटकों के ज़रिये मतदाताओं को वोट के महत्व के प्रति जागरूक किया जायेगा अमरोहा ज़िले में आज ज़िला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्र ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की इस दौरान जिलाधिकारी ने चुनाव आचार संहिता के अनुपालन पर बल देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर नज़र रखे ताकि कोई अप्रिय घटना न होने पायें उन्होंने बताया कि चुनावी सभा हेतु अनुमति देने के लिए उपजिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है

अधिकरण में दिल्ली उच्च् न्यायालय की न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता शामिल हैं अधिकरण के रजिस्ट्रार ने सिमी को अगले महीने की पन्द्रह तारीख़ को पेश होने को कहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को दो हजार बीस और उसके बाद आने वाले वर्षो में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाओ के अंकपत्र में विद्यार्थियों का नाम अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में भी लिखने का निर्देश दिया है न्यायालय ने हिन्दी को बढ़ावा देने के लिये राजभाषा नीति के तहत हिन्दी में सरकारी कामकाज करने पर बल दिया उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने महिला यात्रियों की सुविधा के लिये राजधानी लखनऊ से प्रयागराज के लिये पांच पिंक बसों का संचालन शुरू किया है परिवहन निगम के इलाहाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधक तरूण विशेन ने बताया कि इस बस से केवल महिलायें और उनके बच्चे ही यात्रा कर सकेंगे उन्होंने बताया कि यह बसे पूरी तरह वातानुकूलित हैं मुरादाबाद के मूढ़ापाण्डेय क्षेत्र में आज सुबह हुयी दो वाहनों की टक्कर में पिता पुत्र सहित तीन लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये हादसे में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है

एसटीएफ सूत्रों ने बताया है कि गिरफ़्तार अभियुक्तों के कब्ज़े से भारी मात्रा में बरामद किया गया मिथाइल एल्कोहल शराब बनाने के काम में लाया जाता है